मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरणों के डिफाल्टरो के लिए वन टाइम सेटेलमेंट योजना शुरू करने का दिया निर्देश नागरिकता संशोधन कानून पर भाजपा का जनसम्पर्क अभियान जारी प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता कर रहे हैं लोगों को जागरूक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कल से हो रही बूंदाबांदी और वर्षा ने बढ़ाई सर्दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगले वित्त वर्ष के केन्द्रीय बजट के लिये लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किये हैं आम बजट से जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का पता लगाने के प्रयास के तहत ये कदम उठाया गया है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केन्द्रीय बजट एक सौ तीस करोड़ भारतवासियों की आकांवाओं को व्यक्त करेगा और देश के विकास की दिशा तय करेगा ये सुझाव माई गव डॉट इन पर भेजे जा सकते हैं केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने कल पूर्वोत्तर गैस पाइप लाइन ग्रिड स्थापित करने के लिए इन्द्रप्रस्थ गैस ग्रिड लिमिटेड को पूंजी अनुदान की मंजूरी दे दी मंत्रिमंडल समिति ने एक हजार छः सौ छप्पन किलोमीटर लंबे गैस प्रिड को तैयार करने के लिए साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया है गैस प्रिंड की कुल लागत नौ हजार दो सौ छप्पन करोड़ रुपये है पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि यह परियोजना पूर्वोत्तर के लिए सरकार की हाइड्रोकार्बन परिकल्पना दो हजार तीस को लागू करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने मिनरल्स एप्ड मेटल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन एमएमटीसी के उन्चास दशमलव सात आठ प्रतिशत शेयर के नीतिगत विनिवेश को भी सैद्वांतिक रूप से मंजूरी दे दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टरों के लिए वन टाइम सेटलमेन्ट ओटीएस योजना शुरू करने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री कल लखनऊ में लोकभवन में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई ओटीएस योजना दो हजार बीस के प्रस्तुतीकरण का अवलोकन कर रहे थे मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को ओटीएस योजना तीन महीने के लिए शुरू करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि पहले तीन माह के दौरान डिफाल्टरों से आवेदन लिए जाएं अगले तीन माह में उनका निस्तारण किया जाए और इसके बाद कार्यवाही सुनिश्चित की जाए उन्होंने अधिकारियों को योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने का भी निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी रखी जाए मुख्यमंत्री ने आवास विकास परिषद् और विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टरों पर कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए बैठक में प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार और प्रमुख सचिव वित्त संजीव मित्तल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे

संवाददाताओं से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि भारत में किसी तरह का संकट नहीं है उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तेल की सप्लाई करने वाले प्रमुख देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य में लघु सिंचाई विभाग में प्रचलित सक्सिडी वाली बोरिंग की योजनाओं के लाभार्थी कृषकों के लिये टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई अनिवार्य बनाई जाये जिससे पानी की बचत की जा सके मृख्यमंत्री सिंचाई विभाग में विभिन्न योजनाओं के प्रस्तुतीकरण की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि वर्तमान में लघु सिंचाई विभाग द्वारा राज्य के कृषकों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न योजनाए संचालित की जा रही हैं यदि सब्सिडी प्राप्त करने वाले किसान ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाते हैं तो काफी मात्रा में पानी की बचत की जा सकती है नागरिकता संशोधन कानून पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रव्यापी जनसम्पर्क अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता लोगों के बीच जाकर उन्हें कानून के प्रति तथ्यों से अवगत करा रहे हैं प्रदेश की राज्य माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कल हापुड़ में नागरिकता संशोधन कानून के सम्बंध में आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पड़ोसी देशों पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वर्षो से धर्म के आधार पर प्रताड़ित अत्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान किया है जिसका हम सभी को स्वागत करना चाहिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पीलीभीत से सांसद वरूण गांधी ने कल अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत के बीसलपुर में विभिन्न गांवों का भ्रमण कर लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को किसी प्रकार नुकसान नहीं होगा लखीमपुर खीरी में सहकारिता विभाग की ओर से एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के बारे में तथ्यों की जानकारी दी गयी गोरखपुर में ग्यारह जनवरी से आयोजित होने वाले गोरखपुर महोत्सव की तैयारियां तेज हो गयी हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में बॉलीवुड कलाकारों के साथ साथ स्थानीय कलाकार भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कल पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि महोत्सव का उदघाटन राज्यपाल आनन्दीबेन पटेल और समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे

महोत्सव में कला संस्कृति शिल्प व्यंजन गीत संगीत योग आदि के साथ साथ लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी श्री नार्लिकर ने कहा कि उद्घाटन अवसर पर प्रसिद्व कत्थक नृत्यांगना जयन्ती माला मिश्रा अपनी प्रस्तुति देंगी महोत्सव में सोनू निगम अल्का याम्निक अनुराधा पौडवाल और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव के अलावा भोजप्री कलाकार भरत शर्मा व्यास भी अपनी प्रस्तृति देंगे स्थानीय सांसद रविकिशन ने वीडियो संदेश जारी कर के कहा कि वह गोरखपुर महोत्सव में पहली बार कविता पाठ करेंगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वर्ष स्थानीय कलाकारों को अधिक अवसर दिया जाएगा जिससे उन्हें एक बड़े मंच पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा

इस बात की जानकारी वाराणसी में आयोजित एक संगोष्ठी के दौरान केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्टर महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने दी उन्होंने कहा कि केन्द्र खोलने की पहल कौशल विकास मंत्रालय ने शुरू कर दी है डॉ पाण्डेय ने कहा कि देश के विकास के लिये युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना बहुत ज़रूरी है

अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कल लखनऊ में समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि आईजीआरएस और सीएम हेल्यलाइन से संबंधित लंबित और डिफाल्टर प्रकरणों पर अधिकारी विशेष ध्यान दें और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाये जिससे लोगों को परेशान न होना पड़े उन्होंने कहा कि कुछ जनपदों में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निस्तारण की गति धीमी चल रही है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनपदों से सिर्फ पत्र व्यवहार न करते हये वहां संबंधित अधिकारियों से दूरभाष के माध्यम से प्रकरणों को यथाशीघ्र निस्तारण किया जाये

पहाड़ों पर बर्फबारी होने से राज्य में शीतलहर का प्रकोप तेज हो गया है मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोष के कारण आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर सामान्य से तेज वर्षा हो सकती है गोरखपुर अयोध्या सिद्दार्थनगर और आसपास के क्षेत्रों में कल सुबह से ही रूक रूक कर बूंदाबांदी होती रही शाम को पूर्वी उत्तर प्रदेश के विमिन हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज बारिश भी हुयी पश्चमी उत्तर प्रदेश के बागपत बदायूँ शामली मुजफ्फरनगर हापुड पीलीमीत में भी कल दिन भर रूक रूक कर वर्षा का क्रम जारी रहा

श्री तिवारी ने आयुष्मान भारत योजना टीकाकरण आदि के संबंध में स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्य पर असंतोष प्रकट करते हुए उन्हें गंभीरता के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करने का निर्देश दिया